उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से इस अवसर पर होने वाली एकता दौड़ में भाग लेने का आग्रह किया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 उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहा है और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों धनतेरस दीपावली भाईद्रज और छठपूजा के लिए देशवासियों को बधाई भी दी

उन्होंने लोगों से रन फॉर यूनिटी में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है जो देश की आम जनता को समर्पित है जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय है और लोग इसे उत्साहपूर्वक सुनकर प्रधानमंत्री के शब्दों से प्रेरणा लेते हैं

धर्मशाला के श्याम नगर में आज सामुदायिक भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अवधि में लिए गए निर्णयों से आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली आई है उन्होंने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र का योजनाबद्व तरीके से समग्र और स्थायी विकास उनकी प्रतिबद्वता है सम्मेलन भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के ग्राम केन्द्र प्रमुखों का सम्मेलन आज नाहन में हुआ संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में हए इस सम्मेलन में पार्टी को संगठन स्तर पर मज़बूत बनाने पर चर्चा की गई राजीव सैजल ने ग्राम प्रमुखों से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आहवान किया अग्निशमन कुल्लू जिले के बंजार में अग्निशमन चौकी का वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज लोकार्पण किया एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में हिमाचल को नई दिशा प्रदान की है उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र को ईको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के अलावा इलाके के लिए पर्याप्त बसों का प्रावधान किया जाएगा गोविंद ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र की सड़कों भवनों और अन्य विकास योजनाओं की वन स्वीकृति प्रक्रियाओं को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है बिक्रम ठाकुर कांगड़ा जिले में जसवा परागपुर क्षेत्र की बाड़ी और जंडोर पंचायतों में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया ताकि लोग इनका लाभ ले सकें

ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के समीप शोधी में राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दी

शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है ऐसे में जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष तथ्यहीन और भ्रामक बयानबाज़ी कर रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अनेक गुटों में बंटी हुई है और पार्टी नेताओं में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है